तीन आसान उपायों का करें पालन और सुरक्षित रहें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

श्री सोरेन ने कहा है कि राज्य में जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्यता होगी वैसे ही लोगों को हम वैक्सीन देने में सक्षम होंगे

उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने प्रखंड एवं जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर सारी तैयारी शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है

टिकाकरण के दौरान टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किये जाएंगे झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या घटकर संतावन हजार नौ सौ दो पहुंच गई है जबकि छह हजार नौ सौ बासठ लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं राज्य में तेरह मई तक प्रभावी एक हफ्ते के मिनी लॉकडाउन के कारण राज्य में संक्रमण की दर में आठ प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब ग्यारह प्रतिशत के लगभग पाया गया है पिछले चौबीस घंटों में कुल छह हजार एक सौ सतासी नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ उनतीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख सैंतालीस हजार दो सौ अड़तालीस लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठहत्तर दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं निर्धारित स्थलों पर चरणबद्ध शिविर लगाकर नमूना संग्रह जांच एवं टीकाकरण अभियान लगातार जारी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में विस्फोटक रूप से फैल रहा कोरोना अधिक संक्रामक लग रहा है इससे चिंता उत्पन्न हो गई है

विषाणु के मूल स्वरूप की तुलना में यह अधिक आसानी से संचारित होता है और संभवतः टीका से बचाव में भी अधिक प्रतिरोधी हो सकता है भारत कोराना के सबसे भयावह संक्रमण का सामना कर रहा है विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के मामले और मृत्यु के आधिकारिक आंकड़े वास्तविक आकंड़ों की तुलना में बहुत कम हैं

धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ कोविड की दूसरी लहर में बचाव के कार्यो को लेकर बैठक की इस बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए सारी व्यवस्था को दुरूस्त करना होगा जिससे तीसरी लहर का सामना कर लोगों को स्वस्थ रखा जा सके इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि कोविड ड्यूटी में लगे सभी दंडाधिकारियों को बीमा का लाभ मिलेगा और उन्हें सुरक्षा किट प्रदान की जाएगी यदि वे बीमार पड़ते हैं तो उनका उपचार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार धनबाद करेगा बैठक में उपायुक्त ने बताया कि जल्द ही तीन करोड़ पैंसठ लाख रूप्ये की लागत से बीसीसीएल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना की जाएगी उपायुक्त ने इस दौरान अस्पताल में अगले एक सप्ताह के अन्दर कोविड मरीजों के लिए एक सौ ऑक्सीजन सर्पोट बेड बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है

मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें पूरी तरह बेबुनियाद और बेतुकी हैं मंत्रालय ने लोगों से गुमराह करने वाली ऐसी फर्जी खबरों और अफवाहों से बचने को कहा है

मोबाइल टावर से कम रेडियो फ्रीक्येंसी का गैर आयनिक विकिरण पैदा होता है और इससे मनुष्य सहित किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पंहचता दूरसंचार विभाग ने रेडियो फ्रीक्वेंसी सीमा के नियम तय किये हैं जो अंतरराष्ट्रीय गैर आयनिक विकिरण सुरक्षा आयोग से निर्धारित और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुशंसित सीमा से दस गुणा अधिक कड़े हैं

प्रमुख सिफारिशों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों में समान स्तर की प्रणाली लागू कर भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजिटल पंजीकरण तथा अनुपालन प्रक्रियाओं तथा ऋण स्रोतों में विविधता लाना शामिल है इसमें ऑनलाइन डिजिटल व्यापार कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम के प्रति सचेत करने की चेतावनी सुनिश्चित करना भी शामिल है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह वित्तीय सेवाओं में अधिक और आसान पहुँच प्रदान कर रही है उन्होंने कहा कि भारत में अब वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण बढ़ रहा है जिसमें उपभोक्ता नकदी की जगह कार्ड वैलेट एप्प और तुरंत भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से भुगतान कर रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगयूजीसी के निर्देश के मद्देनजर इग्नू की जून में आयोजित सत्रांत परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है धनबाद जिले में सभी छात्र छात्राओं को पीके राय कॉलेज स्थित इग्नू सेंटर आने पर रोक लगा दी गई है छात्र इग्नू और कॉलेज की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी ले सकते हैं

सभी घायलों को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है दूसरी घटना में डिलीवरी ब्वॉय को एक टैंकर ने टक्कर मार दी युवक की एमजीएम अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई सरायकेला खरसावां जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार की ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है सिविल सर्जन पांच दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे इसके बाद वे घर पर ही आइसोलेशन में थे

हिन्दी अखबार हिंदुस्तान ने राज्य में पिछले दस दिनों में कोरोना संक्रमण की दर में आई गिरावट की खबर को पहले पेज पर जेगह दी है प्रभात खबर ने रेमेडिसिवर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार राजीव सिंह के बयान और अफसरों की संलिप्तता की खबर को पहली सुर्खी बनाई है दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अलग रणनीति बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझाव को पहले पेज पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने स्नातक अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को बिना परीक्षा के पास होने के यूजीसी के फैसले को अपने पहली खबर बनाया है अंग्रेजी दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया ने उच्चतम न्यायालय का केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि घर घर जाकर वैक्सीन लगाना संभव नहीं है